लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान हुआ तेज भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित जिला निर्वाचन कार्यालय ऊना की अनूठी पहल मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनावी धुन पर रैप सॉन्ग सोशल मीडिया पर किया जारी चुनाव आयोग प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी को लेकर की गई कथित अभद्र टिप्पणी पर प्रदेश चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती को जिला निर्वाचन अधिकारी सोलन द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए यह नोटिस दिया गया है उन्होंने कहा कि भारत चुनाव आयोग ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष द्वारा अवांछित टिप्पणी का कड़ा संज्ञान लिया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उन्होंने कहा कि सोलन जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्टो के आधार पर ईसीआई को मामले में की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया गया है

इसी तरह भाजपा द्वारा धर्मशाला के एडवोकेट विनय कुमार के खिलाफ उनके फेसबुक पेज पर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने के लिए दायर शिकायत पर जिसे कुछ प्रमुख अखबारों में भी दर्ज किया गया है साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी कांगड़ा को मामले की पूरी जांच के निर्देश दिए गए है

दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा व कांग्रेस द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर लोगों से समर्थन मांगा जा रहा है इस दौरान दोनों ही दलों द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है मुख्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र व प्रदेश स्तर पर एक मुदाविहीन व नेतृत्वविहीन पार्टी बन कर रह गई है और पार्टी के शीर्ष नेता आधारहीन व बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं शिमला से जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास न तो कोई दृष्टिकोण है और न ही राष्ट्र के विकास के लिए कोई परिकल्पना जबकि भाजपा के पास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रूप में एक सशक्त नेतृत्व है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आज विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यव्था बनकर उभरी है मंडी से जारी एक अन्य ब्यान में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के पांच वर्ष कांग्रेस के साठ वर्षो पर भारी पड़े हैं उन्होंने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि भ्रष्टाचार मुक्त व पारदर्शी सरकार देना है भाजपा प्रचार शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सुरेश कश्यप ने आज दून विधानसभा क्षेत्र के तहत विभिन्न क्षेत्रों में अपनी चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश सशक्त सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हुआ है कश्यप ने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र में पर्यटन स्वास्थ्य और उद्योग की दृष्टि से अपार संभावनाएं है और सांसद चुनने के बाद इन सभी क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कार्य करेंगे कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार किशन कप्र ने चंबा के खजियार ओड़ा और उदयपुर पंचायत में चुनावी कार्यक्रमों में भाग लिया मंडी से पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा ने भरमौर विधानसभा क्षेत्र में अपने जनसंपर्क अभियान में नुक्कड़ जनसभाओं के माध्यम से लोगों को संबोधित किया उन्होंने कहा कि देश भर में भाजपा की लहर चल रही है और कबायली क्षेत्रों में भाजपा ने अभूतपूर्व विकास करवाया है अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस द्वारा किसानों के लिए अलग बजट के वायदे को महज छलावा बताया है एक ब्यान में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले साठ सालों तक देश पर राज किया लेकिन गरीब किसानों के लिए कोई योजना नहीं ला सके मात्र चुनाव के समय वोट बटोरने का ही काम किया है अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी के अंतर को जनता समझ चुकी है उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने पांच वर्ष के कार्यकाल में किसानों की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं जिनका उन्हें लाभ मिल रहा है कांग्रेस प्रचार लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल के समर्थन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज चंबा जिला के सिहंता चुवाड़ी और बगढार में चुनाव प्रचार किया उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र व राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है वीरभद्र सिंह ने कहा कि समाज को जाति व धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है इस मौके पार्टी प्रत्याशी पवन काजल ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी और चम्बा की अनदेखी के आरोपों को दूर किया जाएगा इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर भी मौजूद रहे इधर मंडी संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार आश्रय शर्मा ने सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया उन्होंने संबंधित क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है स्वीप कार्यक्रम लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ने के लिए चुनाव आयोग द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है इसी कड़ी में आज शिमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कसुम्पटी में नोडल अधिकारी तारा चंद ठाकुर व चंद्रकांत शर्मा ने स्थानीय लोगों को मतदान के महत्व पर जानकारी दी राजकीय उच्च पाठशाला सनोग व चायली में भी मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जहां नोडल अधिकारी पदम देव शर्मा और नीम चंद झिंगटा ने स्थानीय लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया सोलन जिले के कुमारहट्टी आईटीआई सनावर में कार्यक्रम के तहत नोडल अधिकारी मिलाप शांडिल ने युवा मतदाता को वोट करने के लिए प्रेरित किया इधर अर्की में सहायक रिटर्निंग अधिकारी विकास शुक्ला ने आईटीआई के छात्रों को अपने मत का प्रयोग लोभ और लालच से हटकर करने के लिए प्रेरित किया सोशल मीडिया लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन कार्यालय ऊना ने एक अनूठी पहल के तहत चुनावी धून पर एक रैप सॉन्ग तैयार किया है

जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि इस रैप गीत का उद्देश्य लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के साथ साथ अपने मत का इस्तेमाल बिना किसी भय व प्रलोभन के करना है

एक प्रेस ब्यान में धूमल ने कहा कि इस तरह के ब्यान जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और ये मर्यादा से भी परे होते हैं धूमल ने कहा कि राजनीतिक दलों और नेताओं को एक दूसरे को समझाने की अपेक्षा स्वयं आत्म संयम बरतना होगा ताकि विकास व राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे चुनाव प्रचार से ओझल न हो सके सत्ती भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि पार्टी ने देशहित को सर्वोपरि माना है और इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित और समृद्व राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हुआ है ऊना से जारी एक ब्यान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है और आज हर वर्ग इन योजनाओं से लाभान्वित हुआ है सत्ती ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा ने अब तक के कार्यकाल में अभूतपूर्व प्रगति की है और इस दौरान कई सौगाते प्रदेश को केंद्र से दिलवाई है चंद्रमोहन प्रदेश भाजपा के महा सचिव व चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक चंद्रमोहन ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपनी हार सुनिश्चित देख कर इसके लिए ईवीएम को जिम्मेदार मान रही है चंद्रमोहन ठाकुर ने बताया कि देश भर में मोदी लहर को देखकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी बौखलाहट में है और इसी के चलते वे भाजपा नेताओं के चरित्र हनन का आरोप लगा रहे हैं